राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक कृषि विस्तार में निभाएंगे समन्वयक की भूमिका विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में हुए अनेक कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने थर्मोकोल की प्लेट व गिलास पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की की घोषणा वनमंत्री गोबिंद ठाक्र ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रमीण के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया नमो ऐप्प के जरिये इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार आवास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत देश में प्राकृतिक कृषि विस्तार में समन्वयक की भूमिका निभाएंगे

राज्यपाल किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के प्रचार व प्रसार में राज्यपालों का नेतृत्व करेंगे

उन्होंने बताया कि हिमाचल में कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक कृषि विभाग स्थापित किए गए हैं और शोध कार्यो को खेत खलियान तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण पहल की गई है

उन्होंने कहा कि गौ पालन से जुड़ी प्राकृतिक कृषि की जानकारी पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसे प्रदेश के किसानों को निशुल्क वितरित किया जा रहा है उन्होंने ये पुस्तक राष्ट्रपति और सभी राज्यपालों को भी भेंट की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मण्डी जिले में सिराज विधानसभा क्षेत्र के शाटाधार को ईको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा उन्होंने इसके लिए एक करोड़ रूपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की शाटाधार मंदिर मैदान में आज जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए यहां हट्स का निर्माण किया जाएगा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना राज्य की महिलाओं और युवाओं को लाभान्वित करेंगे बिक्रम ठाक्र उद्योगमंत्री बिक्रम ठाक्र ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल करने और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं आज कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के विश्राम गृह में विश्व पर्यावरण दिवस पर औषधीय गुणों वाला अर्जुन का पौधा भी रोपित किया सरवीण चौधरी शहरी विकास व नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी को ईको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ये जानकारी उन्होंने आज क्षेत्र के अनसूई में जनसमस्याएं सुनने के उपरान्त दी उन्होंने कहा कि धारकंडी क्षेत्र में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाएं भी बढ़ेंगी टेलीमेडिसन स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में टेलीमेडिसन के जरिए लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं

उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति और पांगी के ऐसे क्षेत्रों को जहां स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नही है इस सुविधा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी वर्गो के संतुलित विकास के लिए वचनबद्ध है

बादल फटा शिमला जिले की रामपुर तहसील के दरशाल मतेलनी इलाके में आज सुबह बादल फटने से क्षेत्र में मकान गऊशाला और उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचा है इस घटना में एक घर सहित आधा दर्जन गऊशालाए क्षतिग्रस्त हुई हैं हालांकि इस घटना में किसी जानी नुकसान का कोई समाचार नही है क्षतिग्रस्त मकान के लोगों को सुरक्षित स्थान पर आश्रय दिया गया है

पर्यावरण को बचाये रखने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष पांच जून को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम इस मौके पर राज्यस्तरीय समारोह मण्डी जिले के राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय सुंदरनगर में आयोजित किया गया समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यावरण संरक्षण को समर्पित प्रदूषण उपशमन पौध अभियान का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस महज एक औपचारिक अवसर नहीं होना चाहिए बल्कि इसके ठोस परिणाम सामने आने चाहिए जयराम ठाकुर ने लोगों से स्कूल जाने वाले बच्चों को प्लास्टिक के बजाए स्टील की बोतल में पानी देने का आग्रह किया उन्होंने प्रदेश में थर्मोकोल के प्लेट व गिलास के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषण की मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से पहली जुलाई तक बद्दी नालागढ़ परवाणु कालाअम्ब पांवटा साहिब सुंदर नगर डम्टाल और ऊना में पौधरोपण पर विशेष बल दिया जाएगा क्योंकि ये शहर राज्य के सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में अतिथि गृह और मकेनिकल इंजीनियरिंग खण्ड भवन की आधारशिला भी रखी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि ये दिन पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मिलजुल कर कार्य करने के लिए शपथ लेने का अवसर है

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया शिमला में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मिशन सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी अत्यंत प्रभावी रूप से कर रहा है उन्होंने बताया कि आज मिशन के पांच हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने शिमला नगर के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई का कार्य किया सोलन में विभिन्न स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकालकर पर्यावरण को बचाए रखने बारे लोगों को जागरूक किया इस दौरान विभिन्न संस्थाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई स्थानों पर पौधारोपण भी किया गया

भेंट वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से आज नई दिल्ली में भेंट की और राज्य के विभिन्न मुददों पर उनसे चर्चा की गोंबिंद ठाकुर ने कहा कि शहरी विकास और प्रदेश की पारिस्थितिकी के संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल बनाए जाने की जरूरत है उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की जिनमें मनाली कुल्लू और भुंतर नगर पालिका क्षेत्रों में मल निकासी की सुविधा के लिए अधोसंरचना का विकास और सीसीएमएस आधारित स्ट्रीट लाईट की सुविधा शामिल है केंद्रीय मंत्री ने वन मंत्री को सुझावों की सराहना करते हुए राज्य में भीड़ भाड़ को कम करने की नीति विकसित करने को लेकर परामर्शी की सेवाएं लेने का सुझाव दिया